बाडमेर जिले में खरीफ फसल में हुए खराबे से प्रभावित किसानों को कृषि आदान अनुदान के रूप में तीन सौ सत्यासी करोड रूपये मिलेंगे

वित्तमंत्री ने कहा कि छोटे और सीमांत किसानों को समर्थन देने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना श्रू की गई है वित्तमंत्री ने कहा कि दो हेक्टोयर से कम भूमि वाले किसानों को प्रत्यक्ष अंतरण के माध्यम से छह हजार रूपये प्रतिवर्ष दिये जायेंगे व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर छूट की सीमा पांच लाख रूपये कर दी गई है भविष्य निधि विशेष बचत और बीमा में निवेश करने पर ये सीमा साढ़े छह लाख रूपये तक हो जाएगी

श्री गोयल ने कहा कि सरकार को अगले पांच वर्षों में एक लाख डिजिटल गांव बना लिये जाने की आशा है वित्तमंत्री ने कहा कि जन धन योजना आधार मोबाइल और प्रत्यक्ष अंतरण लाभ से बहुत बड़ा बदलाव आया है उन्होंने कहा कि आधार से गरीबों के लिए सरकार की योजनाओं के फायदे सीधे उनके बैंक खातों में डालने को सुनिश्चित किया गया है वित्तमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना विश्व का स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सबसे बड़ा कार्यक्रम है और इसके अंतर्गत अब तक दस लाख मरीजों का इलाज हो चुका है वित्तमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के रूप में एक नई योजना के अंतर्गत साठ वर्ष की आय के बाद असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को तीन हजार रूपये मासिक की पेंशन प्रदान की जायेगी इस योजना से असंगठित क्षेत्र के दस करोड श्रमिकों को फायदा होगा रक्षा बजट पहली बार तीन लाख करोड़ रूपये से अधिक करने का प्रस्ताव किया गया है वित्तमंत्री ने घोषणा की कि देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने और उच्चकोटि की तैयारी बनाए रखने के लिए यदि आवश्यकक हुआ तो रक्षा बजट में और बढ़ोतरी की जाएगी बजट में खिलाड़ियों के प्रोत्साहन और पुरस्कार राशि और भारतीय खेल प्राधिकरण के बजट में उल्लेखनीय वृद्धि हई है खेलों इंडिया के लिए भी बजट बढ़ाया गया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बजट को सर्वसमावेशी करार दिया है एक संदेश में श्री मोदी ने कहा कि अंतरिम बजट में अगले दशक की आवश्यकताओं और लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही योजनाओं की घोषणा की गई है

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि यह अंतरिम बजट के स्थान पर भाजपा का चुनावी घोषणा पत्र ज्यादा दिखाई देता है उन्होंने कहा कि सरकार के पास इन घोषणाओं को लागू करने का समय नहीं बचा है

बाड़मेर जिला प्रशासन ने प्रदेश में सबसे पहले कूर्षि आदान अनुदान की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है प्रभावित काश्तकारों के खाते में कृषि आदान अनुदान की राशि हस्तांतरित की जायेगी

दल तीन आंगनबाडी केन्द्रों का भ्रमण कर आंगनबाडी केन्द्रों में संचालित विभिन्न गतिविधियों और कार्यकमों की जानकारी लेगा

श्री भाटी कल जोधपुर में राजकीय महाविद्यालय के छात्रसंघ कार्यालय के उदघाटन के पश्चात आयोजित समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित कर रहे थे

उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि अगले सत्र से कॉलेज स्तर तक की बालिका शिक्षा निःशुल्क होगी

श्री जूली कल जयपुर के इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में श्रम कल्याण अधिकारी श्रम निरीक्षकों और जिला प्रबंधकों की दो दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि विभाग में खाली पड़े पदों को शीघ भरा जाएगा